आज स्बह ग्जरात के केवडिया में स्टेच्य् ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे अधिकारियों की परेड देख रहे थे तो उनके दिमाग में एक छवि उभरी और यह छवि पुलवामा आतंकवादी हमले की थी देश यह कभी नहीं भूल सकता कि जब भारत अपने सपूतों की मौत का शोक मना रहा था तब क्छ लोग इस द्ख में साथ नहीं दे रहे थे वे लोग प्लवामा हमले से अपने स्वार्थो को साधने में लगे थे अब जबकि पडोसी देश की संसद में सत्य को स्वीकार कर लिया है तब भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के सामने उजागर हो गया है श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्दाय से आतंकवाद के बढते खतरे के खिलाफ एकज्ट होने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की शांति और संपन्नता के लिए विश्व सम्दाय की एकता आवश्यक है उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लडाई में भारत ने हजारों निर्दोष जानें गवाई हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए उन्होंने लोगों से देश की शांति और खुशहाली के लिए एकजुट होने की अपील करते हए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी अवरोधों को दूर किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास के मार्ग पर अग्रसर है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शांति समझौते के बाद विकास के रास्ते पर आगे बढ रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों मजद्रों और गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ रहा है उन्होंने कहा कि आज हम प्रतिदिन हजारों किलोमीटर सडकें प्ल और सीमा क्षेत्र में टनल बनाकर उन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं श्री मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाले कोरोना योद्वाओं की भी प्रशंसा की

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की भी सलामी ली ग्जरात प्लिस केंद्रीय सशस्त्र प्लिस बल सीमा स्रक्षा बल भारत तिब्बत सीमा प्लिस केंद्रीय औद्योगिक स्रक्षा बल और राष्ट्रीय स्रक्षा गार्ड ने परेड में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकता शपथ दिलाई भारतीय वाय् सेना ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट प्रस्त्त किया प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों की राइफल ड्रिल को भी देखा

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने राष्ट्रीय एकता मार्च का नेतृत्व किया और उपस्थित कर्मियों को शपथ दिलाई राज्यपाल ने सरदार पटेल को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि आजादी के बाद राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की राज्यपाल ने कहा कि देश की आजादी में बह्त से लोगों ने योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का पटेलजी का कार्य सदैव याद किया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों और आईटीबीपी के जवानों ने भाग लिया